कल अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की चेन तोडने के लिये लॉकडाउन सबसे प्रभावी उपाय है

ग्वालियर में आपदा प्रबंधन समूह की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उपकरण के साथ साथ फर्नीचर आदि की व्यवस्था भी की जायेगी

श्री चौहान ने बैठक में कहा है कि ग्वालियर में ऑक्सीजन के कई प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई है इसके साथ ही वेंटीलेटर भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं चिकित्सक और पैरामेडीकल स्टाफ की भर्ती के संबंध में भी उन्होंने बताया कि शासन स्तर से इसकी प्रक्रिया की जा रही है पोस्ट कोविड केयर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समी जिलों में सख्ती से कोरोना संक्रमण रोकने अस्पतालों में कोरोना उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ ही पोस्ट कोविड केयर पर भी पूरा ध्यान दिया जाए पोस्ट कोविड दुष्प्रभाव होने पर जो मरीज होम आयसोलेशन अथवा कोविड केयर सेंटर्स में हैं उन्हें इलाज की आवश्यकतानुसार अस्पतालों अथवा पोस्ट कोविड सेंटर्स में भर्ती किया जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट शब्दो में कहा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत सम्बद्ध किया गया कोई भी निजी अस्पताल उनके यहाँ बेड खाली होने पर योजना के पात्र किसी कोविड मरीज का निःशुल्क उपचार करने से इंकार करे यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उपार्जन तिथि प्रदेश में इन दिनों कई जिलों में सरकारी समर्थन मुल्य पर गेहं की खरीदी तेजी से चल रही है उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिन क्षेत्रों में किसानों का गेहूँ उपार्जन शेष हो वहाँ के उपार्जन केंद्रों की तिथि बढ़ाएँ उन्होंने हर एक किसान का गेहूँ खरीदा जाना सुनिश्चित करने की बात कही मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं की खरीद की जानकारी लेने के साथ साथ कोरोना नियंत्रण कोर ग्रप के सदस्यों से चर्चा की तथा प्रदेश के जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य मंत्री अधिकारी जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अधिकारी उपस्थित थे जनआंदोलन इंदौर के अंशुल भावसार ने कोविड कैयर के नियमों का पालन करते हुए कोरोना के संक्रमण से न केवल अपने आपको मुक्त किया बल्कि अन्य कोरोना संक्रमितों के लिये एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि पर सही समय पर इलाज लेने और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार चलने पर कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है

राज्यों से स्थिति पर नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित पहल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवाएं बढ़ाने तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर जांच और टेली परामर्श का उपयोग करने का आग्रह किया गया राज्यों को आशा कार्यकर्ताओं सहायिका नर्स पंचायती राज संस्थानों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड प्रंबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए बैठकें आयोजित करने को कहा गया इन्हेंन कोविड के आरंभिक लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी गई मौसम अरब सागर में बने चकवाती तूफान तोकते के असर से राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद से बादल छाये रहे और शाम को तेज आंधी चलने के साथ साथ मध्यम बारिश हुई मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तोकते तूफान के आगे बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में आज भी कई जगह बारिश होने की संभावना है ये तूफान कल गुजरात के समुद्रि तट से टकराएगा

तूफान और बारिश से कई पेड़ धराशाई हो गए कई स्थानों पर तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरी है आंधी चलने से बिजली के खंबे भी गिर गए ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकानों की छतें भी उड़ गई उधर तूफान के असर के चलते गुना में भी हल्की बारिश हुई

मंदसौर जिले में ताऊते तूफान का असर देखने की मिला कल कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई अचानक हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली ताउते तूफान की वजह से चली तेज हवाओं से ग्रामीण इलाकों मे कुछ पेड़ धराशाई हो गए नीमच में भी हल्की बारिश हुई वहीं सीहोर में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे

रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे हाई स्पीड वाई फाई सुविधा उपलब्ध करवा रही है

जिसमें सर्वे दल सर्दी खांसी बुखार के लक्षण वाले कोरोना संदिग्ध रोगियों की जानकारी ले रहे हैं